त् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्रीय बजट में किये गये प्रावधान से शिक्षा को रोजगार परक बनाने के सरकार के प्रयासों को विस्तार मिला है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

वित मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में इक्यानबे हजार दो सौ सत्तहतर करोड़ रूपये का बजट पेश किया वित मंत्री ने कहा कि बजट में ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने पर विशेष ध्यान दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुजन के लिए योजना बनाई गई है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरो को राहत देने का प्रयास किया गया था वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में मनरेगा के मजदूरों का मानदेय बढ़ाया गया है अब मजदूरों का मानदेय दो सौ पच्चीस रूपये तय किया गया है वित मंत्री ने कहा कि राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के विधार्थियों के लिए बेहतर शिक्षा के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है वित मंत्री ने बजट को सभी को भोजन और सभी वर्गो को न्याय देने वाला बजट बताया उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के समय लोगों ने भाईचारा दिखाया था उन्होंनें कोरोना से लड़ने वाले योद्वाओं को नमन किया मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल विधानसभा में कहा कि हजारीबाग में हुई केरोसिन विस्फोट के मामलों की जांच हो रही है केरोसिन में मिलावट की आशंका जताई जा रही है केरोसिन को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है जांच में दोषी पाए गए लोगों पर कार्रवाई की जाएगी केरोसिन विस्फोट की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को चार चार लाख रूपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है वहीं इससे पहले हजारीबाग सदर के विधायक मनीष जायसवाल ने सदन में केरोसिन विस्फोट का मामला उठाया था उन्होंने इस मामले के दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने और विस्फोट में घायल लोगों को सहायता देने की मांग की थी झारखंड में दस वर्षो में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कम हुई है कल विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष दो हजार पांच छह से वर्ष दो हजार पन्द्रह सोलह के दौरान बहत्तर लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आने में सफल रहे वर्ष दो हजार पांच छह के दौरान बहआयामी गरीबी दर चौहत्तर दशमलव सात फीसदी थी जो दो हजार पन्द्रह सोलह के दौरान घटकर छियालीस दशमलव पांच फीसदी रह गई है अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाने में गरीबी से बाहर निकले लोगों की बड़ी भूमिका रही है मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों पर जल्द ही होटलों जैसी सुविधाएं मिलेगी

राज्य के दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए पचास हजार रूपये का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा यह अनुदान उन छात्रों को मिलेगा जिन्हें नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है इस संबध में महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विकास ने झारखंड राज्य दिव्यांग विकास निधि नियमावली दो हजार इककीस की अधिसूचना जारी की है अधिसूचना के अनुसार जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्रों और अन्य संस्थानों के माध्यम से मिलने वाले उपकरणों के अलावा किसी अन्य यंत्र के लिए दिव्यांगों को पन्द्रह हजार रूपये दिए जाएंगे इसके अलावा एकल लाभूक दिव्यांग को जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार गारन्टी योजना या किसी सामान्य उदेश्य वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा हो तो ऐसे लोगों को रोजगार सुजन के लिए पचास हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी दिव्यांग जनों के स्वयं सहायता समूहों को भी एक लाख रूपये देने का प्रावधान किया गया है

इस मौके पर श्री महतो ने बताया कि इस अस्पताल से गांव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी इस सेंटर में अभी तीन बेड हैं

साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टरों से चिकित्सा सलाह लेने की भी व्यवस्था होगी मरीज की स्थिति गंभीर होने पर रांची रिम्स या अन्य बड़े अस्पताल में रेफर करने की भी सुविधा होगी यहां तक कि गर्भवती महिलाओं की चिकित्सा और डिलीवरी सेवा भी मिलेगी निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के समय में आधे घंटे की बढोत्तरी की है आयोग की अधिसूचना में बताया गया है कि मतदाता अब सवेरे सात बजे से शाम साढे छह बजे तक वोट दे सकेंगे

उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के बाद सबसे अधिक ध्यान शिक्षा कौशल अनुसंधान और नवाचार पर दिया गया है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 प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान और अनुसंधान को सीमाओं में बांधना राष्ट्र के साथ अन्याय है सरकार कृषि अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को युवाओं के लिए खोल रही है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 देश में कुल कोरोना संक्रमित लोगों में से इस समय केवल एक दशमलव पांच एक प्रतिशत में ही संक्रमण मौजूद हैं

उन्होंने कहा कि पिछले दो सप्ताह में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या में मामूली बढोतरी हुई है स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सरकार ने महाराष्ट्र तमिलनाडु गुजरात और पंजाब में केंद्रीय दल भेजे हैं जो संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद कर रहे हैं

वहीं अड़तीस लोग इलाज के बाद स्वस्थ हए हैं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक एक लाख अठ्ठारह हजार चार सौ उनचास लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

केन्द्र सरकार ने उन सभी निजी अस्पतालों में कोविड टीकाकरण को अनुमति दी है जहां टीकाकरण से संबधित सुविधाएं उपलब्ध हैं केन्द्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना और इसी प्रकार की राज्य स्तर्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केन्द्र के रूप में काम करने की अनुमति दे दी है एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने कहा कि सभी निजी अस्पतालों की क्षमताओं का शत प्रतिशत उपयोग करने के लिए यह निर्णय लिया गया है सरकार ने उन निजी अस्पतालों को भी कोविड टीकाकरण केन्द्र के रूप में काम करने की अनुमति दे दी है जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सुचीबद्व नहीं हैं

कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड में कल रात जंगली हाथियों के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया इस घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ घटनास्थल पर हंगामा किया

कुदा मध्य विद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान विधायक सविता महतो ने काजल को आर्थिक सहायता करते हुए कहा कि मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे प्रतिभागियों की मदद की जाएगी इस अवसर पर प्रतिभागी काजल महतो ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयनित होने में दिलीप कुमार गुप्ता तथा अन्य शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है संक्षिप्त खबर तमाड़ थाना क्षेत्र में कल रात जंगली हाथियों के झुंड ने एक युवक को अपने पैरों तले कुचल कर मार डाला घटना मुर्गीडीह गांव की है तमाड़ पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है इस क्षेत्र के कई गांवों के लोग जंगली हाथियों से परेशान हैं

दुकान के छत का चदरा काट कर चोरी की गई पुलिस मामले की जांच कर रही है